आज सीकर में नगर परिषद के नए भवन का लोकार्पण करते हुए श्री गहलोत ने आमजन से राज्य सरकार की विकास योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि सीकर का मेडिकल कॉलज भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल्याण कार्यों में कोई कमी नहीं रखेगी स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने इस मौके पर कहा कि सीकर के विकास में उनके विभाग की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी

आज जयपुर में इंडियन सोसायटी अहफ रेडियोप्राफर्स एण्ड टेक्नोलहजिस्ट्स की राष्ट्रीय कहन्फ्रेंस में श्री गर्ग ने कहा कि चिकित्सा से जुड़े पेशेवरों से दुर्वयवहार करने वालों पर सख्ती की जानी चाहिए लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी हड़ताल पर जाने से बचना चाहिए उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सक रेडिगोग्राफर्स पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स का आस्वान किया कि वे मेडिकल जांच और दवाईयों में कमीशन के चलन को बन्द करने का संकल्प लें और मरीजों को उचित दरों पर डायग्नोस्टिक सुविधाएं तथा इलाज मुहैया कराएं डह्ह गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में विकिरण के प्रयोग से होने वाले जोखिम को कम से कम करने के उदुदेश्य से राज्य सरकार प्रदेश में डाइरेक्टरेट अहफ रेडिएशन सेफ्टी के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी

अस्पताल की अधीक्षक डॉ लता राजौरिया ने बताया कि जयपुर के सांगानेर की रहने वाली रूखसाना ने पांच बच्चों को जन्म दिया जिनमें से एक बच्चा मृत पैदा हुआ उन्होंने बताया कि प्रसव सर्जरी से हुआ और अस्पताल प्रशासन ने इसकी तैयारी पहले से कर ली थी

डॉ राजौरिया ने बताया कि एक बच्चा वेंटिलेटर पर है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रही है जिससे लोगों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े क्योंकि सूचनाएं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेंगी उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी ढंग से लोगों तक सूचनाएं अह्नलाइन उपलब्ध करा रही है

दुर्गा पूजा से दीपावली तक बंगाली पर्यटकों के दल भारी संख्या में स्वर्णनगरी घूमने आ रहे हैं जैसलमेर नगर के प्रग्रटनस्थलों के साथ साथ सम के रेतीले धोरों पर भी पर्यटक नजर आ रहे हैं जिलों से प्राप्त अन्य समाचार श्रीगंगानगर के धरीनगावाली गांव में कल रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया

झालावाड़ में भारत स्काउट गाइड्स की ओर से देश को कचरा मुक्त बनाने के अभियान के तहत आज स्कूली छात्र छात्राओं की एक रैली निकाली गई

अजमेर पुलिस ने दो बेरोजगार युवतियों को रीट में नियुक्ति दिलाने के नाम पर पांच पांच लाख रूपए की ठगी करने के आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया